योजना के तहत दुर्घटना में किसान अथवा उसके आश्रित की मृत्यु या दिव्यांगता पर पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के बावजूद इसे वापस नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज मेरठ और कानपुर में आयोजित कर रही है रैलियां प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जन समस्याओं का निस्तारण निर्वारित समय और त्वरित गति से करने के लिये अधिकारियों को दिये निर्देश

इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना में किसान अथवा उसके आश्रित की मृत्यु या दिव्यागता की स्थिति में सरकार उन्हें पांच लाख रूपए की आर्थिक सहायता देगी इस योजना का लाभ बंटाई पर खेती करने वाले किसानों और उनके आश्रितों को भी मिलेगा प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यह योजना बीते चौदह सितंबर दो हजार उन्नीस से प्रभावी होगी

मंत्रिमंडल ने मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के चारों ओर दस मीटर चौड़ी सर्विस रोड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है

मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति दो हजार बीस इक्कीस पर भी मुहर लगा दी है इसके तहत आबकारी नीति को सरल और पारदर्शी बनाया गया है इसमें आबकारी विभाग में सब कुछ लॉटरी और ऑनलाइन के माध्यम से करने का प्रस्ताव है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज प्रगति कार्यक्रम के बत्तीसवें संवाद की अध्यक्षता करेंगे प्रगति के इकत्तीवें संवाद में प्रधानमंत्री ने बारह लाख करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की थी प्रधानमंत्री ने बहुदेशीय और बहुआयामी प्रशासन मंच प्रगति की पच्चीस मार्च दो हजार पन्द्रह को शुरूआत की थी यह आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित संवाद मंच है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार संशोधित नागरिकता अधिनियम के खिलाफ हो रहे विरोध से नहीं घबराएगी और इसे वापस नहीं लेगी पार्टी के देशव्यापी अभियान के तहत कल लखनऊ में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर देश को विमाजित करने का आरोप लगाया

श्री अमित शाह ने कहा कि यह अधिनियम किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनने से संबंधित नहीं है गृहमंत्री ने अखिलेश यादव राहुल गांधी मायावती और ममता बनर्जी को इस अधिनियम पर खुली बहस करने की चुनौती दी है इस अवसर पर अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने का कार्य उन्नीस सौ सैंतालिस के बाद शुरू हो जाना चाहिये था मगर यह कार्य किसी ने नहीं किया बल्कि इस मामले में वोट बैंक की राजनीति की गई उन्होंने कहा कि देश के दुश्मनों की भाषा बोलने का कार्य कांग्रेस सपा और अन्य विपक्षी दल कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने का कानून है लेकिन लोगों को इस पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है

रैली में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित थे भारतीय जनता पार्टी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान के अन्तर्गत आज प्रदेश में दो रैलियों का आयोजन कर रही है केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेरठ में होने वाली रैली में नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम को दूर करेंगे रैली को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी सम्बोधित करेंगे दूसरी रैली कानपूर में आयोजित की जा रही है जिसमें केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रीय हित में संविधान और संसद द्वारा बनाए गए कानुन का सम्मान करे अयोध्या के दौरे पर आए श्री खान ने कल नागरिकता संशोधन कानुन के संदर्भ में कहा कि संसद द्वारा कानून बनाए जाने के बाद किसी को भी यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे कानून को लागू नहीं करेंगे श्री खान कल अयोय्या में अक्ष विश्वविद्यालय में भगवान श्रीराम पर आयोजित संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आए थे

उन्होंने कहा कि सरकार केन्द्रशासित प्रदेश के लोगों की आकाक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए उन तक पहंचने का प्रा प्रयास कर रही है श्री नकवी ने कहा कि युवाओं को विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं रिकल डेवलपमेंट के जरिये रोजगार और रोजगार के मौके हमारे नौजवानों को मिल सकेंगे उसके लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत होती है उसका एक बहुत बड़े लेवल पर हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है और हर इलाके में हम हुनर हब के जरिये हर इलाके में हुनर हब का निर्माण हो और रसमें बच्चे और बच्चियां अपने रिकल डेवलपमेंट के काम को करके रोजगार और रोजगार के मौके शुरू कर सकें इसी दौरान केन्द्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि केन्द्र पंचायती संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्व है और जम्मु कश्मीर में महिला सशक्तिकरण अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को जन समस्याओं का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर त्वरित गति से करने के निर्देश दिये हैं श्री मौर्य कल लखनऊ में अपने कैम्प कार्यालय पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आये लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे उन्होंने कहा कि अधिकारीगण शासन की प्रतिबद्वताओं और जनआकांक्षाओं के अनुरूप अपने दायित्यों का निर्वहन करें जनता की समस्यओं के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही और हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जायेगी उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग अपनी चिकित्सा स्वास्थ्य राजस्व सड़क अवैध अतिक्रमण भूमि विवाद आदि से संबंधित समस्याएं लेकर आते हैं जिनका समाधान करना अधिकारियों का कार्य है उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि उनको समस्याओं का नियमानुसार समाधान किया जायेगा प्रदेश के कृषि मंत्री सुर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित एक समारोह में एशिया के ज्योतिपुंज गुरू गोरखनाथ नामक पुस्तक का लोकार्पण किया इस पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार राम सागर शुक्ल है इस अवसर पर बोलते हुए श्री शाही ने कहा कि गुरू के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है और व्यक्ति स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनता है पुस्तक की प्रशंसा करते हए उन्होंने कहा कि लेखक ने गुरू गोरखनाथ के बारे में विश्लेषणात्मक सारगर्भित लिखा है इस अवसर पर साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई विद्वानों को सम्मानित किया गया इस वर्ष इकहत्तरवें गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं हर वर्ष छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस भारतीय संक्घान के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है संक्घान नागरिकों के क्छ मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है जिन्हें मुलभूत अधिकार भी कहा जाता है ये मौलिक अधिकार संविधान में अनुच्छेद बारह से पैंतीस के तहत भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गये हैं ये मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को समान रूप से दिये गये हैं चाहे वो किसी भी धर्म जाति और पंथ के हों जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि दक्षिण कश्मीर से आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिद्दीन का लगभग पूरी तरह सफाया हो गया है हिजबुल के तीन आतंकवादियों के मारे जाने को बड़ी सफलता बताते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि देश के विरूद्व हथियार उठाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी